मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की ग्यारह सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक हुआ

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बसपा को छोड़कर सभी प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं

मतों की गिनती बृहस्पतिवार को की जाएगी

खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी बरेली मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र चुनाव में पंजीकृत स्नातक मतदाता खंड स्नातक सीट के लिए और पंजीकृत अध्यापक मतदाता खंड शिक्षक क्षेत्र की सीट के लिए वोट डालते हैं

धान क्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश सभी मण्डी सचिवों को दिए गये हैं उन्होंने बताया कि किसानों को उनके उपज का भुगतान तेजी से किया जा रहा है

अपर निदेशक ने बताया कि धान क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध है उन्होंने बताया कि धान क्रय केन्द्रों का नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है

सीमा सुरक्षाबल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने समारोह को संबोधित करते हुए देश को आश्वासन दिया कि बीएसएफ पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवाना के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारो को शुभकामनाएं दीं

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये राज्य में आज से तीन दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बैंड बाजा मैरिज हाल और डीजे स्टाफ की फोकस टेस्टिंग कराई जायेगी

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है जिसके माध्यम से संक्रमित इलाकों और मोहल्लों को चिन्हित किया जा रहा है इन सभी चिन्हित स्थानों की फोकस टेस्टिंग चार से दस दिसम्बर तक कराई जायेगी आज विश्व एड्स दिवस है यह दिन लोगों को एच आईवी के खिलाफ एकज्ट होने जागरूक करने और इस वायरस से पीडित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है

सोसायटी ने लोगों से अपील की कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भी एक आम नागरिक की तरह स्वस्थ और खुशहाली भरा जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी के मूल तत्व को समझते हुए समाज में एकरूपता लाने के लिये एकजुट होने को कहा इस अवसर पर सोसायटी द्वारा एक एलईडी वीडियो वैन भी निकाली गई जिस पर विभिन्न विषयों जैसे स्वैच्छिक रक्त दान समय का मोल और एचआईवी पर कंट्रोल जैसे विषयों पर आधारित वीडियो प्रदर्शित किये गये इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरूकता स्टाल लगाये गये जहां एड्स विषय पर लोगों को जागरूक करते हुए निःशुल्क परामर्श एवं जांच की सुविधा दी गई

उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है

राधा मोहन सिंह कल दो दिसम्बर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की जायेगी भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वर्तमान में किसानों के द्वारा हाल में पारित किये गये कृषि सुधार विधेयक को लेकर जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह वास्तविकता से परे और विपक्षी दलों के गलत इरादों से प्रेरित है श्री पाल ने कहा कि यह आन्दोलन पूरी तरह से ऐसे विपक्षी दलों के द्वारा प्रेरित है जो सत्ता में रहते हुए कभी भी किसानों के हित में कार्य नहीं कर सके उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये और उनके आय को दोगूना करने के लिये कृषि सुधार कानून लेकर आई है जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है बाइट किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको एमएसपी नहीं मिलेगी

जो विधेयक पारित हुआ है भारत की पार्लियामेंट में यह किसानों की आय को दुगना करने के लिये हुआ है यह किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिये हुआ है और आज किसान को अब वन नेशन वन मार्केट के आधार से अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकता है जहां उसको लाभ प्रद मूल्य मिलेगा और उसमें कोई उपकर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स भी नहीं लगेगा

समाप्त